लोकसभा में वित्त विधेयक ध्वनिमत से पारित केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आंकड़े जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी अमन सिंह के खिलाफ राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक आज मनाया जा रहा है विश्व रेडियो दिवस रायपुर में भी हुए कार्यक्रम

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शत प्रतिशत घरों में बिजली पहंचाने का लक्ष्य रखा गया है श्री सिंह ने रायपुर में राष्ट्रीय ताप विद्यत निगम एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन और ैअनुरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया केन्द्रीय मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को सबसे बड़ी समस्या बताया उन्होंने कहा कि हाल के वर्षो में यह काफी कम हुआ है लेकिन इस दिशा में अभी और ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि प्रीपेड पावर सब्सिडी और फ्री पावर योजना का भुगतान राज्य सरकार करें और निजीकरण इस समस्या का हल हो सकते हैं इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत सचिव ए के भल्ला और एनटीपीसी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह के साथ विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने वाले देश विदेश के प्रतिनिधि उपस्थित थे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान आज विधानसभा के समिति कक्ष में सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की बैठक में बताया गया कि राज्य में चार जिलों के पांच सौ तिरपन गांवों के करीब बीस हजार घर ऐसे हैं जिसमें रोशनी उपलब्ध करायी जानी शेष है इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि ऐसे घरों में जहां विद्युत लाईन के माध्यम से बिजली नहीं दी जा सकती है वहां क्रेडा के माध्यम से सौलर होम लाईट सिस्टम द्वारा बिजली पहंचायी जायेगी बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे वित्त विधेयक पारित लोकसभा ने वित्त विधेयक दो हजार उन्नीस ध्वनिमत से पारित कर दिया है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से अनुरोध किया कि किसानों से जुड़े आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत उनकी आय सहायता राशि उनके खातों में डाली जा सके वित्त मंत्री ने कहा कि अगर करदाता बचत और मेडी क्लेम में निवेश में करता है या शिक्षा ऋण लेता है तो वे साढ़े नौ लाख रूपए तक की आय पर कर में छूट प्राप्त कर सकते हैं श्री गोयल ने कहा कि बीस वर्ष की अवधि के लिए छह लाख तक के रुपये के ऋण पर सरकार ब्याज में साढ़े छह प्रतिशत रियायत देती है विधानसभा समाचार राज्य विधानसभा में आज संबंधित विभाग का प्रतिवेदन नहीं पहंच पाने के कारण अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी आज सदन की कार्य सूची के अनुसार दो मंत्रियों टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के विभागों पर चर्चा होनी थी लेकिन पंचायत और ग्रामीण विकास के साथ ही स्वास्थ्य तथा वाणिज्यकर विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन सदन में नहीं पहुंच पाया इसके कारण विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा श्री सिंहदेव ने आसंदी से सदन की कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया इसके बाद आसंदी ने सदन की कार्यवाही कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी इससे पहले आज सदन में प्रश्नकाल हआ और दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा भी हई श्रोता विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपूर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे हाईकोर्ट अमन सिंह पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी अमन सिंह के खिलाफ राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है आज उच्च न्यायालय में न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई अमन सिंह के वकील की ओर से यह दलील रखी गई थी कि इस मामले में पूर्व सरकार जांच कर चुकी है और उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है अदालत ने अमन सिंह के खिलाफ गठित एसआईटी को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है

बीजापुर जिले में जिड़पल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों को माओवादियों का कैंप होने की जानकारी मिली थी जब यहाँ की घेराबंदी की गई तो माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग की सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी भाग गए पुलिस को घटनास्थल की तलाशी लेने पर चार भरमार बंदूक और बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री भी मिली है उधर सुकमा जिले में भी बुरकापाल के कालापाथर इलाके में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है ब्रकापाल के बाजार में कोबरा बटालियन के जवान गश्त पर थे इसी दौरान काली वर्दी में आए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में माओवादी मौके से भाग निकले इस बीच खबर मिली है कि बीजापुर जिले के बेचापाल में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी है यह ग्रामीण गांव में अपने पिता को देखने के लिए गया हुआ था तभी घात लगाए माओवादियों ने उसकी हत्या कर दी वहीं बस्तर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुये दो माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है इन लोगों को केशलूर के पास पूराने सेल्स टैक्स नाका से गिरफ्तार किया गया है इनके पास से पांच लाख रूपए नगद और विभिन्न तरह की रायफल तथा पिस्तौल के कारतूस के साथ ही अन्य सामग्री बरामद की गई हैं माओवादी आत्मसमर्पण इस बीच राजनांदगांव जिले में एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है इस माओवादी दंपत्ति पर तेरह लाख रूपये का इनाम घोषित था इस दंपत्ति ने पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी के सामने आत्मसमर्पण किया इन माओवादियों ने बताया कि उन्होंने सुरक्षा बलों के माओवादी विरोधी अभियान और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया ये माओवादी संगठन में शहरी नेटवर्क के लिए काम किया करते थे और दोनों पर कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है सिंहदेव कार्यशाला पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि गांवों के संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्थानीय लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाएगा उन्होंने कहा कि जीआईएस मैपिंग जैसी आध्रनिक तकनीक और ग्रामीणों का परंपरागत ज्ञान स्थानीय जरूरतों के मुताबिक श्रेष्ठ योजनाएं बनाने में मददगार साबित होंगे श्री सिंहदेव ने रायपुर में आयोजित मनरेगा जीआईजेड कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए उन्होंने कार्यशाला के दौरान मनरेगा के माध्यम से पर्यावरण हितैषी कार्य परियोजना के तहत प्रदेश के छह जिलों बिलासपुर सरगुजा कांकेर महासमुंद धमतरी बेमेतरा और कवर्धा में स्थापित जीआईएस लैब का उद्घाटन किया

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कल रायपुर स्थित अपने निवास स्थान पर पार्टी का झण्डा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया

मनोरंजन और सुचना के लिए मंच उपलब्ध कराने दूरदराज के क्षेत्रों में बसे समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने और लोगों को सशक्त बनाने में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष तेरह फरवरी को यह दिन मनाया जाता है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 विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में ओल्ड लिसनर्स ग्रप ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर संस्था के जोन अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने विश्व रेडियो दिवस के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला कार्यक्रम स्थल पर रेडियो सेट की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल के लिए पूर्व में जारी लिखित परीक्षा के आयोजन की तिथि में अपरिहार्य कारणों से बदलाव किया गया है अब यह परीक्षा सत्रह फरवरी रविवार के बजाए बीस फरवरी बुधवार को होगी यह परीक्षा रायपुर स्थित प्रोफेसर जेएन पांडेय शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीस फरवरी को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक होगी

उनकी पदस्थापना आबकारी विभाग में की गई है जारी आदेश के अनुसार श्री दास अब आबकारी विभाग में नशामुक्ति कार्यक्रम का प्रभार देखेंगे रायगढ़ की सरिया पुलिस ने कटंगपाली के पास से एक सौ पैंतालीस किलो गांजा बरामद किया है इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है